रेलवे ने देश में अगले दस दिन के दौरान और दो हजार छह सौ श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का फैसला किया है इससे विभिन्न स्थानों पर फंसे छत्तीस लाख लोगों को राहत मिलेगी

रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान फंसे कामगारों पर्यटकों श्रद्दालुओं विद्यार्थियों और अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया था श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर गंतव्य स्थलों तक चलाई जा रही हैं रेलवे और राज्य सरकारों ने समुचित समन्वय और परिचालन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है श्री यादव ने बताया कि रेलवे राज्य और जिला प्राधिकरणों के अनुरोध पर ऐसी और रेलगाड़ियां चलाने का प्रबंध करेगा श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने इस महीने की बारह तारीख से पन्द्रह अप और डाउन विशेष ट्रेनों का परिचालन भी शुरू किया है और अगले महीने की पहली तारीख से दो सौ रेल सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में चार करोड़ प्रवासी मजदूर हैं मंत्रालय ने देशभर में प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर नजर रखने के लिए रात दिन काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से फिर शुरू हो जाएंगी भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह ने बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक यात्री विमान शुरू में टर्मिनल तीन से उड़ान भरेंगे गृह मंत्रालय लॉकडाउन के कारणइस बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी कर चुका है दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी उड़ाने टर्मिनल तीन से संचालित होंगी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए एयर लाइनों को अलग अलग एन्ट्रीगेट्स सेल्फ चेकिंग मशीन और चेकिंग बेस का आवंटन किया गया है विस्तारा और इंडिगो के यात्री टर्मिनल तीन के गेट संख्या एक और दो के माध्यम से हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकेंगे इधर बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची से कल से विमान सेवा शुरू होगी इसके अंतर्गत इंडिगो और एयर एषिया से यात्री रांची से दिल्ली बंगलुरू मुंबई और हैदराबाद जा सकेंगे राज्य में कोरोना के मरीजों की मौत की संख्या अब तक चार हो गयी है चौथा मरीज कोडरमा जिले के मरकच्चो का है जिसकी मृत्यु कोडरमा सदर अस्पताल के आइसोलेषन वार्ड में गुरूवार शाम को हो गयी थी जानकारी के अनुसार वह दस मई को मुंबई से लौटा था और उसे मरकच्चो में क्वारंटाइन किया गया था बाद में उसकी स्थिति बिगड़ने पर उसकी जांच की गयी थी कल सैंपल जांच में वह संक्रमित पाया गया था इधर राज्य में शनिवार को बीस और नये मरीज मिले हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि बीस नये मरीजों में सबसे अधिक कोडरमा जिले के हैं जिनमें से एक की मौत की पुष्टि की गयी हैं वहीं चार सिमडेगा तीन पूर्वी सिंहभूम और दो रांची जिले से हैं इसके साथ ही राज्य में संकमितों की संख्या तीन सौ पचास हो गयी है

इधर राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर नब्बे फीसदी से उपर है वहीं मृत्यु की दर काफी कम है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया है कि राज्य में कुल संक्रमित मरीजों में से एक सौ छत्तीस मरीज ठीक हो चुके हैं लॉकडाउन के दौरान साहिबगंज जिले में जो श्रमिक सड़क मार्ग से पैदल आ रहे हैं उन्हें जिला प्रशासन उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है

लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला भी निरंतर जारी है चतरा जिले के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पैदल प्रवासी मजदूरों को भोजन के साथ साथ बसों से घर पहुचाने की भी व्यवस्था की गई है इसे लेकर सभी सीमावर्ती इलाकों में वाहनों की तैनाती की गई है साथ ही हाइवे किचन की भी व्यवस्था की गयी है ताकि कोई भी प्रवासी मजदूर भूखा न रहे

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली के साथ बातचीत में बताया कि सरकार ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आसान ऋण वितरित करने के निर्देश दिये हैं श्रीमती सीतारमण ने कहा कि योजना के तहत घोषणाओं का उद्देश्य देशभर में निर्वाध आर्थिक गतिविधियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित आर्थिक सुधारों पर भी इन घोषणाओं में जोर दिया गया हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के वित्तीय पहलू के बारे में उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज न केवल लोगों को तत्काल नकदी उपलब्ध कराएगा बल्कि रोजगार के अवसर बढाकर मांग भी बढाएगा वित्तमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने ठीक समय पर सही फैसला किया है और बाजार की उधारी और ऋण चुकाने पर स्वैच्छिक रोक लगाने के निर्णय लिये हैं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

जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि इचागढ़ और चांडिल इलाके में व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से बालू का खनन भंडारण और उठाव चल रहा था जिसकी सूचना लगातार मिल रही थी इसके पष्चात खनन विभाग के साथ कई टीमों का गठन कर यह कार्रवाई की गयी

सभी अपराधियों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है इनमें से एक नाबालिग है देशभर में ईद उल फित्र का त्योहार कल मनाई जाएगा दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि षनिवार को चांद देखे जाने की कोई सूचना नहीं है रमजान का महीना आज समाप्त होगा शाही इमाम ने लोगों से नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में नहीं आने की अपील की है

अन्य कई उलेमाओं ने भी नमाज घर पर ही पढ़ने की अपील की है शाही इमाम ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने को कहा उन्होंने कहा कि लोगों को हाथ मिलाने और गले मिलने से बचना चाहिए और कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए सभी सरकारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए इधर रांची में भी एदारा ए सरिया की हुई बैठक में एलान किया गया है कि ईद की नमाज सोमवार को अदा की जायेगी साथ ही लोगों से अपील की गयी है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें गोड्डा जिले में ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रषासन परी तरह से मुस्तैद हैं इस दौरान पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च भी किया गया गोड्डा पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेष ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि ईद के दौरान वे अपने अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें